पीएम ग्राम सड़क केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में अस्पमतालों स्कूलों और कृषि मंडियों के साथ गांवों का सम्पर्क बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरूआत की

सभा को सम्बोाधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके चलते आज देश में छह लाख किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कें हैं

कल विधानसभा में इसे पेश किया गया

वित्त मंत्री तरुण भनोत द्वारा पेश अनुप्रक बजट में प्राकृतिक आपदाओं और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत अभियान के लिए तेरह हजार तीन सौ पिचासी करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि ऊर्जा क्षेत्र के लिए दो हजार एक सौ तीस करोड़ का प्रावधान किया गया है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा सागर जिले के गढाकोटा में अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के साथ अत्याचार की घटनाओं पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जायेगा वहीं प्रदेश में यूरिया खाद के गंभीर संकट और भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के संबंध में भाजपा सदस्य नरोत्तम मिश्रा चर्चा का प्रस्ताव लायेंगे

जीएसटी ने विशेष और सामान्य प्रकार के करदाताओं की शिकायतें दूर करने के लिए मण्डल और राज्य स्तिर पर शिकायत निवारण समिति बनाने की भी सिफारिश की

वनमेला अंतरराष्ट्रीय वन मेला कल से भोपाल के लाल परेड मैदान पर शुरू हो गया मेले का शुभारंभ सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने किया इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील और जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा भी उपस्थित थे इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि देश में हजारों वर्षो से जड़ी बूटियों से ईलाज की परंपरा है और इस तरह के मेलों से इनकी उपयोगिता को प्रोत्साहन मिलता है

इसके अलावा लघु और कुटीर उद्योगों में बने घरेलू उपयोग के सामान रेशमी परिधान के साथ साथ बांस के बनी वस्तुऍ भी प्रदर्शित की गई हैं मेला परिसर में प्रदेश की विभिन्न जनजातियों और लोक संस्कृति पर आधारित लोकनत्य लोकगीत संगीत के कार्यक्रम भी किये जा रहे हैं इसके अलावा भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के प्रति लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान और चिकित्सकीय परामर्श देने की व्यवस्था भी मेलास्थल पर की गई है

केन्द्रीय गृह राज्यममंत्री नित्यानंद राय इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान जेल प्रशासन में महिला अधिकारियों की भूमिका को लेकर चर्चा होगी

बांध विस्तापित मुआवजे की राशि को बढ़ाने की मांग लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे वहीं पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला भी दर्ज किया है मौसम ठंड प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

सबसे कम तापमान दतिया में चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया उमरिया में न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस पहॅच गया मौसम विभाग ने भोपाल ग्वालियर जबलपुर सहित प्रदेश के नौ संभागों में मध्यम से घना कोहरा छाने और प्रदेश के सभी जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है भोपाल का अधिकतम तापमान बाइस दशमलव तीन और न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दो डिग्री रहा जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम है इंदौर में न्यूनतम तापमान नौ दशमलव छह जबलपुर में दस दशमलव चार और ग्वालियर में पांच दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अगले सप्ताह बारिश का अनुमान भी जताया है प्रशासन द्वारा कड़ाके सर्दी में लोगों को राहत देने के लिए उपाय किये जा रहे हैं रायसेन जिले में मुख्य बाजार और अन्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है

इस जीत से भारत ने तीन मैचों की श्रंखला में एक एक की बराबरी कर ली है स्पिनर कुलदीप यादव ने इस मैच में हैट्रिक लिया

बाद में श्रेयस अय्यर ने और ऋषभ पंत ने ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी की

इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह और उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे

जो कल जिला मुख्यालय पहुॅचेगी